केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल दसवीं कक्षा के परिणाम किये घोषित

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पाँचवे चरण की चौदह संसदीय सीटों पर कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शान्तिप्र्ण ढंग से सम्पन्न हो गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर शाम छ बजे तक औसत मतदान सत्तावन दशमलव तीन तीन प्रतिशत रहा प्रदेश के अवध और बुन्देखण्ड क्षेत्र की जिन चौदह सीटों पर कल वोट डाले गये उनमें धौरहारा सीतापूर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी कौशाम्बी गोण्डा बांदा फतेहपूर बाराबंकी फैजाबाद बहराइच और कैसरगंज शामिल हैं इनमें से चार संसदीय सीटें मोहनलालगंज कौशाम्बी बाराबंकी और बहराइच अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है पाँचवे चरण की चौदह सीटों पर छब्बीस महिलाओं सहित एक सौ बयासी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और विवरण हमारे संवाददाता से ईवीएम में गड़बड़ी की कुछ घटनाओं के अलावा पांचवे चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ

स्बह से बूथों पर लंबी कतारें नजर आ रही थीं जो दोपहर होते होते कम हो गई हालांकि पहली बार वोट डालने वाले य्वाओं में खासा उत्साह नजर आया

इस चरण में सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैंदान में उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सभी चौदह सीटों पर वहीं सपा बसपा और रालोद गठबन्धन के अन्तर्गत सपा सात सीटों पर और बसपा पाँच सीटों पर चुनाव लड़ रही है सीपीआई ने दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं लोकसभा चुनाव के पाँच चरणों का मतदान सम्पन्न होने के बाद छठें और सातवें चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और जन सभायें कर मतदाताओं से योट की अपील कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोग देश में अस्थिरता नहीं चाहते और केन्द्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहते हैं कल झारखंड के चाईबासा में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही देश अस्थिरता नहीं चाहता एक स्थिर और मजबूत सरकार चाहता है एक मजबूर प्रधानमंत्री नहीं चाहता बल्कि एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहता है देश भरोसे वाली सरकार चाहता है एक साफ सुथरा स्पष्ट नेतृत्व चाहता है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना जारी रखते हए दोहराया है कि अगर उनकी पार्टी केन्द्र में सत्ता में आतो है तो वह केन्द्र में खाली पड़े बाईस लाख पदों को भरेगी कल नई दिल्ली में एक च्नावी रैली को संबोधित करते हए राहल गांधी ने यह बात कही महाराजगंज जिले के नौतनवां में आयोजित एक च्नावी जनसभा को सम्बोधित करे हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचाया है पहले नोटबंदी फिर जीएसटी लागू कर जनता को परेशान किया उन्हें देश के किसानों और नौजवानों की कोई परवाह नहीं हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि आजादी के साठ दशक बाद भी आज देश विश्व मानचित्र में पिछड़ा हुआ है उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरया उधर बलरामपुर में गठबन्धन के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हए बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथो लिया मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान दलितों और गरीबों का कभी भला नहीं किया इससे पूर्व गोरखपुर में प्रबृद्व वर्ग सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौत है उन्होंने कहा कि पाँच साल में भारत का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ा है और विकास को प्रक्रिया तेज हुई हैं

कल लखनऊ में आकाशवाणी तथा द्रदर्शन के कार्यो की समीक्षा करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि हमारा देश भाषा संस्कृत के आधार पर विविधता वाला समाज है जिसकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान भी है प्रसार भारती का मुख्य कार्य उन विविधताओं से भरे सांस्कृतिक पक्षों को प्रचारित तथा प्रसारित करना है

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये हैं इस वर्ष तेरह छात्र छात्राओं ने देशभर में संयुक्त रूप से टॉप किया है इनमें से आठ छात्र छात्रायें प्रदेश से हैं इन सभी ने पाँच सौ में से चार सौ निन्यानबे अंक हासिल किये है प्रदेश से मेरठ जिले के वत्सल वार्ष्येय गाजियाबाद की अपूर्वा जैन अंकुर मिश्रा ईश मदन गौतमबुद्दनगर नोएडा के सिद्वान्त दिव्यांश और शिवानी और जौनप्र के योगेश कुमार गुप्ता टॉप करने वालें छात्र छात्रओं में शामिल हैं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी है उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है मुकद्दस माह रमजान का पहला रोजा आज से शुरू हो गया रमजान माह में पढ़ी जाने वाले विशेष नमाज तरावीह का दौर आज रात से मस्जिदों में शुरू हो जायेगा रमजान का पहला जुम्मा दस मई को और आखिरी जुम्मा इकत्तीस मई को पड़ेगा प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक ने प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुख समुद्धि की कामना की है अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना दूसरों की भूख प्यास और जरूरत का अहसास दिलाता और साथ ही आपसी सौहार्द और समरसता का सन्देश भी देता है प्रदेश के शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के आठ और हमीरपुर व आगरा के एक एक मतदान केन्द्र पर कल पुनर्मतदान कराया गया चौथे चरण में इन संसदीय क्षेत्रों में सम्यन्न लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों में गड़बड़ी की शिकायते मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने पॅाचवे चरण के साथ इन मतदान केन्द्रों पर प्नर्मतदान कराने के आदेश दिये थे न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की आतंरिक जांच समिति ने न्यायालय के एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया है न्यायालय के महासचिव के कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि समिति की रिपोर्ट आतंरिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र के लालचक गांव में शादी के एक समारोह में शामिल होने गये चार युवकों की कल छोटी गण्डक नदी में नहाते समय डूब जाने से मृत्यु हो गयी पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सभी के शव नदी से बाहर निकाल लिया मृतक युवकों ने गोरखपुर जिले के एक विद्यालय से इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे उधर बदायू में कल ही एक रोडवेज बस और पुलिस की गाड़ी के बीच आमने सामने हुई मिड़त में दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी इस हादसे में दो पुलिस कर्मियों के गम्मीर रूप से घायल होने की भी खबर है